उन्होंने गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवनधारा बताया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गंगा पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण हमारे देश के विकास का आधार है उन्होंने कहा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवनधारा है प्रदेश की तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन कल राष्ट्रपति वाराणसी में मीडिया हाऊस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर एक कार्यक्रम का उदघाटन कर रहे थे

राष्ट्रपति ने कहा कि देश में पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण व संवर्द्वन तभी हो सकता है जब गंगा की धारा अविरल और निर्मल बनी रहे उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे तथा अन्य अभियान चलाये जा रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि वाराणसी में गंगा नदी व घाटों की स्वच्छता पर जोर देने के कारण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है उन्होंने कहा कि काशी का बदलता स्वरूप अपनी प्रातनता को भी संजोये हए है

राष्ट्रपति ने कहा कि काशी देश के सर्वाधिक भारतरत्नों की जन्मस्थली और कर्मभूमि भी रही है लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर भगवान दास उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित रविशंकर बनारस में पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशा इनके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय ने भी बनारस को ही अपनी कर्मस्थली बनाया वहीं काशी में सकिय रहे विष्णु पराड़कर जैसी विभूतियों ने भारत की पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि एमएसपी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी वह कल लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे रक्षामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए जमीन से शुरूआत की जिसके कारण आज पार्टी की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान है उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने वालों का झुंड नहीं है बल्कि ये एक जीवंत राजनीतिक संगठन है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से निःस्वार्थ भाव से कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि परिश्रम से ही प्रतिष्ठा हासिल होती है श्री सिंह ने कहा कि आज हम वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार की जीरो टालरेंस की नीति ने परिणाम दिए हैं श्री योगी ने कहा कि इस बार सिर्फ धान की ही अड़सठ लाख मीट्रिक टन की सरकारी खरीद की गयी है पैसा किसानों के खातों में डी बी टी के जरिए दे दिया गया बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केन्द्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के उददेश्य को लेकर काम कर रही है भाजपा कार्यसमिति की बैठक में ज़िला व क्षेत्रीय संगठन की समीक्षा के साथ साथ पार्टी के आगामी कार्यकमों पर भी विस्तार से चर्चा हई

सोलह जनवरी से आरंभ टीकाकरण अभियान में रिकॉर्ड समय में अब तक तीन करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं अब तक क्ल तीन करोड़ पन्द्रह लाख टीके लगाए गए हैं टीकाकरण अभियान के तहत दो फरवरी से स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए अगले चरण में पहली मार्च से साठ वर्ष से ऊपर के सभी लोगों और पैंतासलिस वर्ष से ऊपर के ऐसे लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं जो अन्य रोगों से पीड़ित हैं इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर छियान्नबे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संकमण के एक सौ इक्यावन नये मामले सामने आये हैं वहीं कोरोना के सकिय मामलों की संख्या एक हजार आठ सौ अड़तीस हो गई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि अब सोमवार से हर दिन रविवार को छोड़कर सभी मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय और सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड का टीका लगाया जायेगा उन्होंने बताया कि कल राज्य में दोपहर तीन बजे तक एक लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अटठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का पचहत्तरवां संस्करण होगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच पर अपने विचार साझा कर सकते में है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वपूर्ण प्रयासों के मामले में विश्व ने भारत का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है उन्होंने कहा कि भारत जी टवन्टी समूह में इकलौता देश है जिसने अक्षय ऊर्जा और वनीकरण के बारे में पेरिस संधि की प्रतिबद्धताएं लागू की हैं राज्यसभा में कल श्री जावडेकर ने बताया कि भारत दो हजार बाईस तक एक सौ पचहत्तर गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप दो हजार तीस तक चार सौ पचास गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर पद्रेश पर्यटन नीति घोषित किया है प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत प्राकृतिक एवं वन क्षेत्र में मौजूद रमणीक स्थलों पर वन तथा पर्यटन विभाग द्वारा मिलकर ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से सम्बंधित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ईको टूरिज्म नीति के तहत सम्भावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सहयोग से बिना प्रकृ ति को नुकसान पहुंचाये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है प्रदेश सरकार की इस नीति से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित कुटीर उद्योगों की विभिन्न वस्तुओं का विक्रय व राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनेगी